राज्य में पिछले चौबीस घंटे में नौ सौ तिहत्तर कोरोना संक्रमित मरीज मिले

इस दौरान सात सौ चौवन लोगों ने कोरोना को मात दी इसके साथ ही स्वस्थ हो चूके लोगों की संख्या एक्टिव मरीजों से दोगुनी से भी अधिक हो गयी है और स्वस्थ होने वाले मरीजों का प्रतिशत बढ़कर सड़सठ प्रतिशत पहुंच गया है राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या नौ हजार सात सौ तीस है

जांच किए जाने वाले नमूनों की संख्या में बढ़ोतरी के बावजूद संक्रमण की पुष्टि वाले लोगों की संख्या लगातार कम हो रही है इनकी साप्ताहिक औसत दर लगभग आठ प्रतिशत पर बनी हुई है

रांची के इरबा स्थित मेदांता अस्पताल में इलाजरत राज्यसभा सांसद शिब् सोरेन को बेहतर इलाज के लिए गुड़गांव स्थित मेदांता अस्पताल ले जाया जा रहा है उन्हें आज भुवनेश्वर दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से नई दिल्ली ले जाया जा रहा है गुड़गांव के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनसे रांची में मुलाकात की रामगढ़ जिले में प्रशासन द्वारा बाइस अगस्त से पांच सितंबर तक विशेष कोरोना जांच अभियान चलाया जा रहा है

सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक और फर्जी खबरों की सच्चाई बताने के लिए पीआईबी द्वारा लगातार सही जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है

सरकार ने इस खबर को फर्जी बताते हुए कहा है कि ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है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

बतौर मुख्य अतिथि वेबिनार को संबोधित करते हुए द्रमका सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज ने कोरोना महामारी के दौर में गरीबों असहायों को संबल प्रदान किया है

पीआईबी के अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह ने मौके पर कहा कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज से वंचित वर्गो को बड़ी राहत मिली है देवघर स्थित बाबा बैधनाथ मंदिर और द्मका के बाबा बास्कीनाथ मंदिर में अब ऑनलाईन टोकन ब्रकिंग सिस्टम के जरिये रोजाना तीन सौ श्रद्वाल दर्शन कर सकेंगे दर्शन के दौरान श्रद्वालुओं को कोरोना को लेकर जारी गाईडलाइन का पालन करना अनिवार्य किया गया है जैसा कि आपको मालूम हो सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बाबा बैधनाथ मंदिर को आम लोगों के दर्शन के लिए खोलने के लिए राज्य सरकार को प्रबंध करने का आदेश दिया था जिसके बाद सरकार ने समिति गठित की थी खूंटी में पुलिस की अग्रवाई में पांच लाख के इनामी सबजोनल कमांडर रैंक के माओवादी जीतराय मुंडा समेत सात नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है इनकी निशानदेही में पुलिस ने अलग अलग जिलों के थाना क्षेत्रों से भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद भी बरामद किया है हमारे संवाददता ने बताया कि वर्ष दो हजार सोलह में सरायकेला के कुकड़ूहाट में पांच पुलिसकर्मियों पर हमला करनेवाला नक्सली जीतराय मुंडा समेत सात नक्सलियों को पकड़ने के लिए रांची खूंटी चाईबासा और सरायकेला पुलिस ने संयुक्त रूप से इलाके में अभियान चलाया

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज इस योजना पर अपनी सहमति दे दी है इस प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक में स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा योजना का नामकरण झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना किए जाने का प्रस्ताव है इस योजना के तहत सभी लाभुकों को प्रति माह पांच किलोग्राम खाद्यान एक रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है हजारीबाग जिले में किसान उत्पादन संगठन के माध्यम से किसानों की उपज को देश के किसी भी बाजार में बेचने की दिशा में पहल की गई है

जिले में स्वच्छ भारत मिशन के जरिए जन आंदोलनों को बढ़ावा देने और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को समावेशी ऋण प्रवाह के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले जिला कलेक्ट्रों को प्रस्कृत किया जाएगा पलामू प्रक्षेत्र के प्रलिस उप महानिरीक्षक राज कुमार लकड़ा ने लातेहार में वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से गढ़वा और बलरामपुर के पुलिस अधीक्षकों से बात कर अंतरराज्यीय नक्सल समस्या पर चर्चा की

बिजली की खराब स्थिति को लेकर हजारीबाग के सदर विधायक मनीष जायसवाल ने आज विद्युत महाप्रबंधक राकेश कमार से मुलाकात की उन्होंने ट्रांसफार्मरों को बदलने की मांग की महाप्रबंधक ने एक सप्ताह के अंदर सभी आठ ट्रांसफॉर्मरों को बदल दिए जाने का भरोसा दिया

मौसम विभाग ने राज्य में आज और कल भारी बारिश की चेतावनी जारी की है आज पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम सिमडेगा सरायकेला खरसावा देवघर धनबाद दुमका गिरिडीह गोड्डा जामताड़ा पाकुड़ और साहिबगंज में भारी बारिश की संभावना है जबकि कल रांची बोकारो गुमला हजारीबाग खूंटी रामगढ़ पलामू गढ़वा और चतरा में भारी बारिश हो सकती है

गोड्डा के मेहरमा में हुए बलात्कार एवं हत्या मामले में गिरफ्तारी के बाद गोड्डा प्रलिस अधीक्षक वाईएस रमेश ने कहा कि इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट को देने की कोशिश की जाएगी

खूंटी जिले के अड़की प्रखंड के सरगेया पंचायत के कोटा गांव में खेत में काम करने के दौरान बिजली करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी स्थानीय ग्रामीणों ने हादसे को बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है इधर गढ़वा जिले के प्रखंड मुख्यालय कांडी में हाई वोल्टेज तार के चपेट में आने से दो व्यक्तियों की मौत हो गयी

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जमशेदप्र के मानगो नगर निगम अंतर्गत गांधी मैदान स्कूल में आधार कार्ड का पांच दिवसीय कैंप लगाया गया है